देश में कोविड टीकाकरण का अभ्यास हुआ शुरू पहले चरण में आन्ध्रप्रदेश गुजरात पजांब और असम में अभ्यास आरम्भ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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र की खेती और किसानों को किसान रेल से जोड़ा जा रहा है

इसका भी किसानों को लाभ मिल रहा है श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढाने की दिशा में भी एक बहुत बडा कदम है इससे खेती से जुडी अर्थव्यवस्था में बडा बदलाव आएगा इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि यह अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है श्री मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्थानीय मांग के अनुसार आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया है श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो सहित परिवहन के आधुनिक साधनों का विस्तार शहरी लोगों की जरूरतों के अनुसार किया जाना चाहिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की राज्यपाल की प्रधानमंत्री से यह शिष्टाचार भेंट थी इस दौरान राज्यपाल ने श्री मोदी को प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन उच्च शिक्षा में गृणवत्ता के लिए किए जा रहे राजभवन के प्रयासों जनजातीय कल्याण और राज्य में कलाकारों और सांस्कृतिक विकास के लिए उठाये गए कदमों के संबंध में जानकारी दी उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में भी बात की देश में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है पहले चरण में चार राज्यों आंध्र प्रदेश गुजरात पंजाब और असम में दो दिन का अभ्यास आज से शुरू हुआ स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दो दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा इससे कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया की जांच करने तथा संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्याान दिया जायेगा इस दौरान ब्लॉक और जिला स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा पर भी ध्यान दिया जायेगा अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराये जायेंगे

शहर के ज्यादातर स्थानों पर अब नये मामलों की संख्या कम हो गयी है इस बीच मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में आज कोविड की वैक्सिन के प्रबंधन के संबंध में बैठक आयोजित की गयी इस बैठक में कोरोना की वैक्सिन के संबंध में सभी पहलुओं कीक विस्तार से समीक्षा की गयी केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्व जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है

हमारे और श्रोता भी कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जुड सकते हैं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

इस अवसर पर सभी जिला ब्लॉक और नगर मुख्यालयों पर तिरंगा यात्रा और संगोष्ठियों का भी आयोजन हुआ है स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर जनता के साथ मजबूती से खड़ी है वहीं भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछडा वर्ग मोर्चा की ओर से राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में जयपुर सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन किया गया

प्रदेश में नववर्ष मनाने के लिये आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ रही है सवाईमाधोपुर में भी बड़ी संख्या में पर्यटक रणथम्मौर बाघ अभ्यारण्य को देखने के लिये पहुंच रहे है

इस बाघ के अपनी टेरीटरी बदलने के बाद इसकी सुरक्षा के लिये वनकर्मी लगातार ट्रेकिंग कर रहे हैं

माउंट आबू में पारा एक बार फिर जमाव बिन्दू से नीचे चला गया है आज वहां माइनस दो डिग्री सैल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया जबकि मैदानी इलाकों में चूरू शून्य दशमलव छह डिग्री सैल्सियस के साथ सबसे सर्द स्थान रहा मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के कई भागो में अगले तीन दिन तक शीतलहर की संभावना है

विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कहा है कि शहरी निकाय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये नीति बनाकर काम करना होगा आज राजसमंद में वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी लोग राजनीति से ऊपर उठ कर काम करें इस मौके पर सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि जिला मुख्यालय पर एक सरकारी स्टेडियम होना चाहिये ताकि यहां खेल के साथ साथ अन्य गतिविधियॉ चलाई जा सके

देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एनएलयू में प्रवेश के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के वास्ते आवेदन प्रक्रिया एक जनवरी से शुरू होगीं